राज्य में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के एक हजार एक सौ सैंतीस मामले आये

राज्यभर में आज सादगी के साथ मनाया जा रहा है प्रकृति पर्व करमा

हालांकि सिनेमा हॉल जिम बार स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी कर दिया है इस आदेश के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को कई प्रकार की छूट दी गयी है उन्हें लॉकडाउन के विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड को ही इंट्री पास माना जायेगा साथ ही वैसे परीक्षार्थियों को क्वारेंटाइन से भी मुक्त रखा गया है हालांकी इस दौरान सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा

केंद्रीय गृह सचिव ने स्पष्ट कहा है कि अनलॉक तीन में यह निर्देश दिया गया था कि अंतरराज्यीय और राज्य से बाहर परिवहन सुविधाओं के तहत व्यक्तियों के आवागमन और गुड्स के आवागमन पर कोई रोक नहीं है बावजूद कई राज्यों और जिलों द्वारा खुद आदेश जारी कर आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है

गृह सचिव ने यह भी कहा कि अंतरराज्यीय और राज्य से बाहर मूवमेंट के लिए व्यक्तियों गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है और न ही कोई स्वीकृति और ई परमिट लेने की आवश्यकता है लेकिन देखा जा रहा है कि कई राज्यों द्वारा जारी प्रतिबंध के कारण व्यक्तियों के आवागमन सामनों के आवाजाही सप्लाई सहित दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि करने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है झारखंड में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार एक सौ सैतीस कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं राज्य में कुल संक्रमण का मामला पैंतीस हजार आठ सौ तेरह हो गया है कल सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम जिले में तीन सौ तेरह बोकारो में एक सौ सैतालीस रांची में चौरानबे रामगढ़ में उनयासी धनबाद में तिरासी गिरिडीह में बासठ खूंटी में पचास हजारीबाग में छत्तीस कोडरमा में तैतालीस और सिमडेगा में तैतीस मामले आए इधर कल छह सौ उनचालीस मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई राज्य में अब तक चौबीस हजार एक सौ अड़तीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है

इनमें आठ संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है

न्यायालय ने कहा है कि बिना परीक्षा पास किये परीक्षार्थियों को डिग्री नहीं दी जा सकती राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गोड़डा जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने समेत कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं

बता दें कि लंबे समय से बस संचालक सरकार से रोड टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे उनका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से उनकी बसें नहीं चल रहीं हैं फिर भी बस मालिकों पर भारी जुर्माने के साथ रोड टैक्स देने का दबाव है राज्य सरकार ने बोकारो जिले के गोमिया नगर परिषद को विघटित करने की कार्रवाई शुरू की है

नगर विकास विभाग की ओर से कहा गया है कि पूर्व विधायक वर्तमान विधायक स्थानीय लोग और पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर विभाग ने बोकारो उपायुक्त से विषय पर मंतव्य मांगा था उपायुक्त ने मामले की जांच कर स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद गोमिया नगर परिषद को विघटित करने की अनुशंसा नगर विकास विभाग को कर दी है अब विभाग गोमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य लेकर विभागीय मंत्री से अनुमति लेगा इसके बाद यह प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में आपत्ति के लिए तीस दिनों तक रखा जायेगा चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने राज्य सरकार से चतरा के इटखोरी में अवस्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर को खोलने की मांग की है

बंद होने से यहां के स्थानीय द्वकानदारों पुजारियों की स्थिति दयनीय हो गयी है उन्होंने कहा कि बाबा बैजनाथ धाम मंदिर तथा बासुकीनाथ धाम मंदिर खोलने के निर्णय की शर्तों के आधार पर मां भद्रकाली मंदिर को भी खोलने की राज्य सरकार अनुमति दें प्रकृति की आराधना का पर्व करमा आज राज्यभर में सादगी के साथ मनाया जा रहा है

इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई दी है उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि आज प्रकृति पर्यावरण असंतुलन के कारण मानवता पर संकट आया है ऐसे समय में प्रकृति पर्व की महत्ता बढ़ जाती है

खेल मंत्री किरण रिजीजू भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र ध्रव बत्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस समारोह में शामिल होंगे

बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र के कारण राज्य में मॉनसून सक्रिय है इधर शुक्रवार को रांची में दिन में कई बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई वर्तमान में राज्य में सात जिलों में औसत दर्जे की बारिश दर्ज की गई है

यहां संक्रमण का आंकड़ा एक हजार एक सौ सतहत्तर हो गया है

अब तक आठ सौ अठासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर चुटिया थाने में आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है

लॉकडाउन तीस सितंबर तक बढ़ा लेकिन एक सितंबर से राज्य में बसे चलेंगी शॉपिंग मॉल होटल और सैलून खुलेंगे शीर्षक से प्रभात खबर ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिंदुस्तान अखबार ने बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र शीर्षक से यूजीसी के फैसले को शीर्ष न्यायालय द्वारा बरकरार रखने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने सितंबर में स्कूल खोलने के अभिभावकों की राय को प्रमुखता से प्रकाशित किया है लिखा है माता पिता की राय इक्कीस दिन तक कोरोना के मरीज नहीं मिले तभी खोले जाए स्कूल दैनिक जागरण ने बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप और उनके समर्थकों के खिलाफ लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन की खबर को पहले पेज पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने कांग्रेस शासित छह राज्यों द्वारा जेईई और नीट की परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के यूजीसी के फैसले को बरकरार रखने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है